प्रदेश के अनुमंडलीय अस्पतालों में भी आयूष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मरीजों का इलाज किया जायेगा स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि भर्ती मरीजों को सूचीबद्ध दवा और जांच की सूविधा के अलावा अतिरिक्त जांच की सूविधा भी मिलेगी जिसमें खर्च होने वाली राशि का भूगतान रोगी कल्याण समिति करेगी स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये गये अस्पतालों के माध्यम से राज्य में प्रतिदिन एक हजार मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गुरुनानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व राजगीर में सत्ताईस से उन्तीस दिसंबर तक मनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख पंथ के संस्थापक गुरुनानक देव जी के राजगीर में जमीन पर चरण स्पर्श करते ही शीतल जल का फुहार प्रकट हुआ था वह स्थान अब शीतल कुंड के नाम से जाना जाता है उन्होंने कहा कि उसी स्थान पर गुरुद्वारा शीतल कुंड का निर्माण कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुनानक देव जी के समग्र और समरस समाज बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नदियों में स्नान के दौरान डूब कर मरने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार चार चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देगी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि अब तक डूबने से बीस लोगों की मौत हुई है राज्य में पहली से बारहवीं तक के छात्रों का डाटा बैंक बनाया जायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया है कि इसमें नामांकन पंजी के आधार पर छात्रों को आधार नम्बर से जोड़ा जायेगा जिससे योजनाओं में गड़बड़ी रोकी जा सकेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक का दूसरा डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी अपने विवरण का मिलान डमी प्रवेश पत्र में करेंगे और उसमें गड़बड़ी होने पर ऑनलाईन सुधार बीस नवम्बर तक करा सकते हैं पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सैंतालीसवीं विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में पैंतीस छात्र छात्राओं का चयन किया गया है जो अगले वर्ष चौदह से अठारह जनवरी तक कोलकाता में होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेंगे इस प्रदर्शनी में सारण जिले के विशेश्वर सेमीनरी इंटर कॉलेज छपरा को स्वास्थ्य और स्वच्छता में सबसे बेहतर काम करने के लिए सर्वोत्तम विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों का आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन किया जायेगा यह काम महिला सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सेविकाएं करेंगी बच्चों का आधार सरकारी अस्पताल या प्रखंड से जारी जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता के आधार से जोड़कर बनाया जा सकेगा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर किये गये मामलों की सुनवाई अब ऑनलाईन की जायेगी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी जिससे अपीलकर्ताओं को कार्यालय में नहीं आना होगा बंगाल के तटीय क्षेत्रों में सक्रिय चक्रवाती तूफान बुलबुल का असर कम होने लगा है जिससे राज्य में चौबीस घंटे के दौरान तापमान में साढ़े तीन डिगी सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अनुसार पन्द्रह नवम्बर के बाद पछुआ हवा चलने की सम्भावना है जिससे ठंड बढ़ेगी वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने का भी असर पड़ेगा भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सूदीप बैनर्जी का कल रात कोलकाता में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया वे पचपन वर्ष के थे सुदीप बैनर्जी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम करने के साथ ही आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की दिल्ली और कोलकाता इकाइयों में भी कई वर्ष काम किया कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोतिहारी नगर के भवानीपूर जिरात में लगने वाला कुंडवा मेला शुरू हो गया है कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने मेले का उद्घाटन किया मेले में लकड़ी से बने सामान और कलाकृति की खरीदारी के लिए जिले और आस पास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं राज्य में लगभग एक करोड़ पैंसठ लाख मवेशियों को मुफ्त टीका लगाया जायेगा पन्द्रह नवम्बर से शुरू हो रहे पशु स्वास्थ्य पखवाड़े में टीकाकरण करने वाले निजी टीका कर्मियों के मानदेय में भी व्रद्धि कर दी गयी है पश्रपालन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है राज्य के सभी गांवों में की घर घर से कचरे का उठाव किया जायेगा गीले और सूखे कचरे को अलग रखने की व्यवस्था भी होगी जिससे उसका प्रसंस्करण कर खाद बनाया जा सके पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गांवों में नियमित रूप से अब नालियों की सफाई भी करायी जायेगी पटना में खेली जा रही अन्डर ट्वेंटी थ्री वन डे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने अपने विजय अभियान को जारी रखते हुये लगातार छठी जीत दर्ज की बिहार ने मेघालय को सात विकेट से हराया दसवीं बिहार राज्य सीनियर पुरूष हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल बिहार रेजिमेंट सेंटर और ब्वॉयज स्पोर्ट्स कम्पनी के बीच आज पटना में खेला जायेगा बिहार टेबुल टेनिस टीम की घोषणा कर दी गयी है टीम सोलह से बाईस नवम्बर तक धर्मशाला में होने वाली इक्यासीवीं कैडेट सबजूनियर नेशनल और इंटर स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेगी केन्द्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य के हर प्रखंड में आईटीआई केन्द्र की स्थापना के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सर्वे का काम पूरा होते ही केन्द्रों की स्थापना कर दी जायेगी दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से सत्ताईस नवम्बर तक चलने वाले उनतालीसवें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के मंडप को हैंड पेंटिंग से सजाया जायेगा पटना जिले के मनेर में पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक डीलर के गोदाम से चार सौ चौसठ बोरा अनाज जब्त किया है भोजपुर जिले में बिहिया के पास एक वाहन के पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार बच्चों समेत छह अन्य घायल हो गये बक्सर जिले में पुलिस ने हत्या लूट और शराब तस्करी मामले में आरोपित कुख्यात तस्कर कमल गिरि और मेहंदी हसन को हथियार के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव से गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है महाराष्ट्र में तीसरी बार लगा राष्ट्रपति शासन दैनिक जागरण ने सिखों के गुरू गुरूनानक जी देव के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है गुरूनानक देव ने मानवता का पवित्र संदेश दिया दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में है या नहीं सुप्रीम कोर्ट आज सुनायेगा फैसला प्रभात खबर ने शोध में छात्राओं की संख्या बढ़ने की खबर पर लिखा है विज्ञान में पीएचडी करने वाली लड़कियों में चार गुना इजाफा मुस्लिम छात्राओं का बढ़ा दखल